मुख्यमंत्री ने शिमला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्य प्रस्तकालय का किया उदघाटन प्रदेश की उंची चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा से शीतलहर जारी प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड को शिमला से शिफ्ट करने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही उन्होंने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सुचना नही आई है मगर फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए वह प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी बात करेंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करेगी कि ये संस्थान राज्य से बाहर न जाए और देश की रक्षा में हिमाचल के योगदान को नजर अंदाज नही किया जा सकता मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजेवीएन को एनटीपीसी में विलय करने का मामला भी वे प्रधानमंत्री के समक्ष रख चुके हैं

कांग्रेस की आशा कुमारी की गैरमौजूदगी में जगत सिंह नेगी ने चम्बा जिले के सलूणी में फलदार पौधों के आबंटन सबंधी मामला उठाया

उन्होंने कहा कि बाकी पौधे जरूरत के मुताबिक आयात किए जाएंगे जिसकी प्रक्रिया जारी है

माकपा के राकेश सिंघा की गैरमौजूदगी में कांग्रेस के आशीष बुटेल द्वारा पूछे गए सवाल पर शिक्षामंत्री ने ये जानकारी दी कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के सवाल पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कुल्लू जिले की पीज पंचायत में कूड़ा सयंत्र लगना है लेकिन पंचायत इसकी एनओसी नही दे रही है उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है

विधानसभा में आज गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना में जो भी व्यक्ति कवर होता है उसे पांच लाख तक का कवर मिलेगा

उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना में भी आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर कार्ड बनाएं जा रहे है और इन दोनों में से एक ही कार्ड चलेगा एकल नारी मिड डे मील आशा वर्कर दिहाड़ीदार अंशकालिक कर्मी व बोर्डो निगमों के कर्मी ये कार्ड बना सकते है

परमार ने अस्पतालों के खस्ताहाल व मूलभूत सुविधाओं की कमी पर स्पष्ट किया कि पिछली सरकार के मुकाबले वर्तमान में अस्पतालों की स्थिति सुधर रही है उन्होंने कहा की पीजीआई चण्डीगढ़ में भी इन योजनाओं का लाभ मरीजों को मिले इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में स्वाइन फ़्लू को लेकर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है बाद में राकेश पठानिया ने संकल्प वापिस ले लिया इससे पहले गैर सरकारी सदस्य दिवस पर भाजपा के राकेश पठानिया ने स्वास्थ्य देखभाल बीमा पॉलिसी को लेकर संकल्प प्रस्तुत किया भाजपा के अरुण कुमार सुरेश कश्यप कांग्रेस के जगत सिंह नेगी रामलाल ठाकुर इन्द्र दत्त लखनपाल सुंदर सिंह ठाकुर और सतपाल रायजादा ने भी अपने संकल्प पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया शोकोदगार इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में घुमारवीं के पूर्व विधायक कर्मदेव धर्माणी के आकस्मिक निधन पर शोकोदगार प्रस्तुत किया

उनका जन्म घुमारवीं क्षेत्र के करंगोड़ा गांव में हुआ था

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस विधायक दल की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि कर्मदेव धर्माणी ने हमेशा ही दलगत राजनीति से उपर उठकर कार्य किया संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कर्मदेव धर्माणी को निर्भीक स्पष्टवादी और ईमानदार नेता बताया बाद में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी स्वयं को शोकोदगार में शामिल करते हुए कर्मदेव धर्माणी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की अंतिम संस्कार इस बीच पूर्व विधायक कर्मदेव धर्माणी का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव के समीप मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती विधायक सुभाष ठाकुर राजेन्द्र गर्ग और राकेश जम्वाल सहित हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी पुस्तकालय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में विधानसभा के समीप नवनिर्मित भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर राज्य पुस्तकालय का आज उदघाटन किया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बोर्ड परीक्षाओं के संचालन पर चर्चा के तहत प्रदेश के सभी उपायक्तों पुलिस अधीक्षकों और उच्चतर व प्रारम्भिक शिक्षा के उपनिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की सुरेश भारद्वाज ने पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केन्द्रों के बाहर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के भी निर्देश दिए

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि सिरमौर जिले की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद शैक्षणिक रेडियो स्टेशन शुरू करने वाली प्रदेश की पहली पाठशाला बन गई है विधानसभा में आज सत्र का संचालन करते हुए उन्होंने सदन में ये जानकारी दी

विधानसभा अध्यक्ष ने इस उपलब्धि के लिए स्कूल प्रशासन स्टाफ और विद्यार्थियों को बधाई दी रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना शुरू की है वे आज मण्डी जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिन्द्रनगर के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है उन्होंने कहा कि जोगिन्द्रनगर में बस डिपो और लड़भड़ोल में जल्द ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव की खबरें देते समय देश की राजनीतिक सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का ध्यान रखा जाना जरूरी है कार्यशाला का आयोजन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और द्रदर्शन समाचार ने किया है ए सूर्यप्रकाश ने आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार को पेड न्यूज के प्रसारण से सतर्क रहने को कहा उन्होंने राजनीतिक खबरों के प्रसारण में ईमानदारी और संतुलन बनाए रखने पर बल दिया

मौसम प्रदेश के अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय जिलों लाहौल स्पिति और किन्नौर की उंची चोटियों पर आज सुबह से ही रूक रूक कर हिमपात का क्रम जारी रहा बर्फबारी से जहां लोगों को ठण्ड का सामना करना पड़ रहा है वहीं कुछ क्षेत्रों में विद्युत पेयजल और संचार व्यवस्था भी चरमराई हुई है कुल्लू और चम्बा जिले की उंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है जबकि निचले जिलों में वर्षा का समाचार है इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और वर्षा हुई

मांग इस बीच लाहौल स्पिति के जिला परिषद सदस्य सुदर्शन जस्पा ने जिले के सभी हैलीपैडों के लिए नियमित हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहीं लाहौल की तोद घाटी के लोगों ने क्षेत्र में ठप्प पड़ी बिजली और संचार व्यवस्था जल्द बहाल करने का सरकार से आग्रह किया है